इस चरण में सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के उनसठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उन्नीस मई को वोट डाले जाएंगे इस चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब की तेर तेरह पश्चिम बंगाल की नौ बिहार और मध्यप्रदेश की आठ आठ हिलाचल प्रदेश ई सबी चार झारखंड की तीन चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट शामिल है

इनमें ऑस्ट्रेलिया जॉर्जिया केन्या दक्षिण कोरिया मलेशिया मैक्सिको और रुस जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आयो का उद्देश्य हमेशा पिछले अनुभवों से सीखना रहा है ताकि भविष्य के लिए जरुरी सुधार किये जा सके

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कल न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री जैसिंदा आर्डर्न के साथ पत्रकारों को संबोधित किया दक्षिण प्रशांत क्षेत्र की तीन दिन की यात्रा के दौरान श्री गुतरश जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों के प्रति जागरुकता बढ़ाने का प्रयास करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि सुनिया के देश दो हजार सोलह के पैरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं कर रहे हैं संधि के तहत वैश्विक तापमान में बढोत्तरी दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखी जानी है

जिला प्रशासन ने कल सुबह सात बजे तक कर्फ्यू जारी रखने का निर्देश दिया है हैलाकांडी में शुक्रवार को दो गुटों के बीच झड़प के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था

आज का अधिकतम तापमान उनतीस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान इक्कीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया